अस्सी करोड़ लोगों को तीन महीने तक पांच किलो चावल और गेहूं मुफ्त मिलेगा

नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हये वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि प्रवासी मज़द्रों और गरीबो की सहायता के लिए केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई है श्रीमती सीतारमन ने यह घोषणा भी कि कोरोना वायरस के मुकाबले में लगे प्रत्येक व्यक्ति को तीन महीने के लिए पचास लाख रूपये का बीमा कराया जायेगा इन लोगों लोगों में डाक्टर पैरामेडिकल स्टाफ स्वास्थ्य संभाल कर्मचारी सफाई कर्मचारी और आशा वर्कर शामिल है

उन्होंने यह कहा कि प्रत्येक परिवार केा एक किलो दाल भी मुफ्त दी जायेगी

वित्तमंत्री ने कहा कि अगामी तीन महीनों में वरिष्ठ नागरिकों विधवाओं और द्विव्यांग जनों को तीन किश्तों में एक एक हजार रूपये दिये जायेंगे इससे तीन करोड़ गरीब वरिष्ठ जन विधवायें और दिव्यांग जन लाभान्वित होंगे

मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि उनकी फसल की खरीद से कुछ देरी हो सकती है लेकिन उनके एक एक दाने की खरीद की जायेगी और सरकार तालाबंदी व खरीद में देरी के कारण किसानों को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए शीघ्र एक योजना की घोषणा करेगी

उन्होंने किसानों से फसल का फिलहाल घर में ही भंडारण करने और जरूरत पड़ने पर मंडी बोर्ड की मदद लेने का आग्रह भी किया मुख्यमंत्री ने लोगों को प्रदेश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उठाये जा रहे कदमों की जानकारी देते हुये लोगों से सोशल मीडिया पर चल रही व अन्य अफवाहों से भ्रमित न होने की अपील की उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की स्विधा के लिए हर प्रकार का प्रबंध कर रही है समाचार ने कोविड एस एस हरियाणा डॉट इन वेबसाटट भी श्रू की है जिस पर राशन किसाना फल दूध दवा व सब्जी आदि की आपूर्ति करने के इच्छ्क व्यक्ति और स्वैच्छिक सेवा में रूचि रखने वाले व्यक्ति पंजीकरण् करवा सकते है

हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मीडिया ब्लेटिन में यह जानकारी दी गई है

केन्द्र सरकार ने डिस्टिलरियों और चीनी मिलो को अधिक से अधिक सेनेटाईज़र तैयार करने को कहा है उपभोक्ता मामले मंत्री ने कहा कि एक सौ डिसटिलरियों और पांच सौ से ज्यादा और कारखानों को सेनेटाईजर तैयार करने की अनुमति दी गई है अधिकतर कारखानों ने सेनेटाइज़र तैयार करना श्रू कर दिया है शेष इस हफ्ते के में श्रू कर देंगे मंत्रालय ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें कोरोना वायरस का म्काबला करने के लिए तालाबंदी के दौरान लोगों तक आवश्यक वस्त्ओं की आपूर्ति स्निश्चित करने के लिए सभी कदम उठा रहे है कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों स्वास्थ्य कर्मचारियों और अस्पतालों द्वारा सेनेटाइज़र का प्रयोग किया जा रहा है

अपने संदेश मे उन्होंने कहा कि ये सभी लोग कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे आगे आकर लड़ाई लड़ रहे है स्वासथ्य मंत्री ने लोगों से चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों को हतोत्सिाहित न करने को कहा है उन्होंने कहा कि डर वाली मानसिकता के कारण डॉक्टर और नर्सो के साथ दर्व्यवहार करना समाज पर कलंक है

श्री जावड़ेकर के पास केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय और भारी उदयोग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय है

एक टवीट में श्री जावड़ेकर ने बतायाकि उन्होंने सभी अधिकारियों को साकारत्मक रहने घर पर रहने काम में ज्टे रहने और ख्श रहने के लिए कहा है

हरियाणा के कृषि मंत्री जे पी दलाल ने राज्य के किसानों को आश्वस्त किया है कि गेहं व सरसों की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था के निर्देश जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे कोरोना बीमारी के चलते जो लोकडाउन हआ है उसका प्रभाव किसानों पर नहीं पडऩे दिया जाएगा उनहोंने कहा कि किसानों को भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि यह मौसम फसल कटाई का है इसके लिए पंजाब व अन्य राज्यों से आने वाली कंबाइन व अन्य कृषि मशीनरी को प्रदेश में आने से नहीं रोका जाएगा उन्होंने सब्जी टमाटर आदि फसलों उगाने वाले किसानों को आश्वसत किया कि उनकी सब्जियों को मंडी तक ले जाने के निर्देश जारी कर दिये गये है हरियाणा के तालाबंदी की स्थिति के दौरान जरूरतंमंद लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशासन और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है पंचकूला के उपाय्क्त म्केश क्मार आहजा ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को घर बैठे ही ताज़ा खाना मुहैया कराने के लिए एसडीएम धीरज चहल को नोडल अधिकारी निय्क्त किया गया है